मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज एक बेठक में ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता स्क्वाड एक स्वतंत्र तृतीय पार्टी होगा जिसे प्रदेश सरकार द्वारा निजी परामर्श दाताओं के माध्यम से रखा जाएगा और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा उन्होंने कहा कि ये दस्ता विभिन्न विभागों द्वारा कियान्वित किए जा रहे कार्यो की गृणवत्ता का आकस्मिक निरीक्षण करेगा जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार लोगों को उत्तरदायी व जिम्मेदार शासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंड् स्क्वाड के प्रमुख होंगे बैठक में मुख्य सचिव विनीत चौधरी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे मुख्यमंत्री राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए दस आवासीय विद्यालय खोलेगी जिनमें से पांच स्कूल छात्राओं के लिए होंगे ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज सेंट बीड्स में एक समारोह में कही

मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जताई कि लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ा रही हैं जयराम ठाक्र ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का आहवान किया मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कॉलेज को पर्याप्त अनुदान और स्टाफ सुनिश्चित बनाने के लिए हर संभव सहायता देगी

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रजोल में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क के सुधारीकरण कार्य के श्भारंभ के बाद ये बात कही

सरवीण चौधरी ने इस मौके जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश के पहले औद्योगिक क्षेत्र परवाणू की विभिन्न समस्याओं को जल्द सुलझाया जाएगा परवाण में उद्योग व जिला प्रशासन की एक बैठक में कल उन्होंने ये बात कही सहजल ने कहा कि प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों का नियोजित विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है और बददी बरोटीवाला नालागढ़ व परवाणू क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि मुहैया करवाई गई हैं उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल को देश का हरित और स्वच्छ औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए प्रयासरत है विपिन परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि पालमपुर क्षेत्र के थुरल सिविल अस्पताल को स्तरोन्नत कर सौ बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा थ्रल पंचायत के नलहेड़ गांव में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि अस्पताल को सुदृढ़ कर सभी प्रकार की आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है विपिन परमार ने कहा कि अस्पताल के स्तरोन्नत होने से यहां चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की संख्या भी बढ़ेगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि थुरल को तहसील का दर्जा देने के साथ साथ क्षेत्र की आठ पंचायतों को विकास खंड लंबा गांव से हटाकर सुलह से जोड़ा गया है विपिन परमार ने इलाके की सभी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन भी दिया

शिमला में होने वाले इस सत्र में कुल सात बैठकें होंगी इस दौरान एक बैठक गैरसरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित की गई है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सभी सदस्यों से जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा करने और सदन के संचालन में सहयोग देने का आग्रह किया है